कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में स्कूल फिर से खूले

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को कश्मीर पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए

जम्म् कश्मीर के जम्मू डिवीजन में रिथति पूरी तरह सामान्य हो गई है रामबन जिले में बनिहाल सब डिवीजन को छोड़कर अन्य सभी जगहों में प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल आज से फिर खूल गये हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह काम कर रहे हैं कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भी प्रतिबंधों में छूट दिये जाने पर आज स्कूल खूले और शिक्षकों ने अपनी हाजिरी लगाई

बारामूला जिले के अधिकारियों ने बताया कि कुछ कस्बों में स्कूल आज बंद रहे लेकिन जिले के शेष भागों में स्कूल खूल गये इस बीच समूचे जम्मू डिवीजन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाए काम नहीं कर रही हैं जम्मू के डिवीजन आयुक्त संजीव वर्मा के अनुसार जल्दी ही ये सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी घाटी में मोबाइल फोर्न सेवाओं की बहाली के मुद्दे पर सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि श्रीनगर के कई इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर कराये गये चुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था

श्री सिंह की जीत का प्रमाण पत्र सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने लिया श्री सिंह की जीत के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस का राज्यसभा में खाता खुल गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के विडला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इसका उदघाटन किया इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण प्रोद्यौगिकी के उपयोग तथा महिलाओं दलितों और पिछड़ों के उत्थान में राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू को याद किया और कहा कि उन्होंने देश की मजबूत नींव रखी श्री गहलोत ने समारोह में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को ई गवर्नेस प्रस्कार से सम्मानित किया उन्होंने नवनियुक्त सूचना सहायकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये मुख्यमंत्री ने स्टेट डेटा सर्वर सेवाओं को भी प्रारम्भ किया उन्होंने प्रदेश के ई साइन डेटा सेंटर आधार डेटा वॉल्ट राजस्व विभाग के धरा मोबाइल एप और राजस्व अधिकारी एप का भी लोकार्पण किया श्री गहलोत ने ई मित्र सेवाओं के जरिये सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की और सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया इस अवसर पर श्री गहलोत ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया कल राजीव गांधी जयंती अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाई जायेगी इस अवसर पर सुबह रामनिवास बाग से अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन होगा

श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है

इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं उपभोक्ता मामलात् विभाग के शासन सचिव सिद्वार्थ महाजन की ओर से इस संबंध में सभी संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी और जिला रसद अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है होटल तथा रेस्टोरेंट्स संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को हर प्रकार की जानकारी नहीं दी जाकर सर्विस चार्ज वसूल किये जाने की शिकायतें विभाग में निरन्तर आ रही थीं श्री महाजन ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं

प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है इस बीच आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध के दो गेट खोल दिये गये हैं

जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाये जाने के निर्देश दिये हैं उधर बारिश का दौर थमने से बांसवाडा के माही बजाज सागर बांध के चार गेट बंद कर दिये गये हैं ब्रूंदी जिले में हुई भारी बारिश से मक्का उड़द और सोयाबीन की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है कृषि अधिकारियों ने फसल खराबे की रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है कोटा बारा पाली और जोधपुर में भी अब स्थिति सामान्य होने लगी है

चित्तौडगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भैंसरोडगढ़ ग्रामीण मण्डल के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के खराबे के मुआवजे का भूगतान फसल बीमा योजना के माध्यम से दिलाये जाने की मांग की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ ही इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेनी होगी उन्होंने कहा कि आज समूचा जगत पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों के महत्व को समझने लगा है जबकि यह हमारी सनातन परंपरा रही है